देश और प्रदेश में आज श्रद्वा और भक्ति भाव के साथ मनाई जा रही है भगवान महावीर की जयंती

इन सीटों पर अट्ठारह अप्रैल को मतदान कराया जायेगा एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से द्रसरे चरण की आठ सीटों आगरा फतेहपुर सीकरी अमरोहा बुलंदशहर नगीना हाथरस अलीगढ़ और मथुरा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी आगरा में विपक्षी गठबंधन ने रैली की जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह और आकाश आनंद ने लोगों को संबोधित किया आगरा में ही भाजपा नेता केशव मौर्य ने पार्टी के फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के पक्ष में रोड शो किया सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ चुनाव में कुल एक करोड़ चालीस लाख मतदाता पच्चासी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे इनमें सिने अभिनेता राजबब्बर और फिल्म अमिनेत्री हेमा मालिनी भी शामिल हैं इन लोकसभा सीटों में नगीना सुरक्षित सीट से सात बुलन्दशहर सुरक्षित सीट से दस अलीगढ़ से चौदह हाथरस सुरक्षित सीट से आठ मथुरा से तेरह आगरा सुरक्षित सीट से नौ फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से पन्द्रह और अमरोहा से दस प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं इन सभी आठ लोकसभा सीटों से संबंधित जिलों में मतदान की तैयारियां व्यापक स्तर पर जारी हैं लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अधिसुचना कल जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया श्रू हो गई है इस चरण में प्रदेश के चौदह संसदीय क्षेत्रों में आगामी बारह मई को मतदान सम्पन्न कराया जायेगा छठे चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती ड्मरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज सुरक्षित सीट आजमगढ़ जोनपुर मछलीशहर आरक्षित सीट और भदोही शामिल हैं इन समी चौदह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दो करोड़ तिरपन लाख से अधिक मतदाता है जिनमें एक करोड़ छत्तीस लाख से अधिक पुरूष एक करोड़ सत्रह लाख से अधिक महिला और एक हज़ार पांच सौ बत्तीस थर्ड जेंडर मतदाता हैं इन चौदह संसदीय क्षेत्रों में सोलह हज़ार नौ सौ अट्ठानवे मतदान केन्द्र तथा उत्तीस हज़ार छिहत्तर पोलिंग बूथ बनाये गये है इस चरण के लिये तेईस अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी और छब्बीस अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे उच्चतम न्यायालय ने कल वह याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली जिसमें मुस्लिम महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश की अनुमति मांगी गई है न्यायमूर्ति शरद बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में पूणे के एक दम्पति द्वारा दायर याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है न्यायालय का कहना था कि वह केरल के शबरीमला मंदिर मामले में अपने फैंसले को देखते हुए इस मामले पर विचार करने को तैयार है सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह जानना चाहा कि क्या विदेशों में महिलाओं को मस्जिद में जाने की अनुमति है जवाब में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को मक्का की पवित्र मस्जिद और कनाडा की मस्जिदों में भी जाने की अन्मति है भाजपा ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार करने पर बहत्तर घंटे की रोक के अपने फैसले की समीक्षा करे भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी के एक शिष्टमंडल ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की

कांग्रेस ने भाजपा नेताओं द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियों की खबरों समेत विभिन्न मुद्दों के बारे में निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कल नई दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि उनकी पार्टी के शिष्टमंडल ने निर्वाचन आयोग के समक्ष रेल टिकटों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चित्र के मुद्दे को भी उठाया और इस पर तत्काल पाबंदी लगाने का आग्रह किया

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाख़िल कर दिया नामांकन से पहले श्री सिंह ने पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबेधित किया

जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पांडेय के साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता कराव मौर्य कलराज मिश्र सिद्वार्थनाथ सिंह दिनेश शर्मा और सुधांश त्रिवेदी सहित हजारों भाजपा कार्यकर्ता इस रोड शो में मौजूद थे जो हजरतगंज स्थित पार्टी दफ्तर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट में खत्म हुआ

सुशील चन्द्व तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ गौरतलब है कि लखनऊ संसदीय सीट उन्नीस सौ इक्यानवे से अब तक भारतीय जनता पार्टी के ही कब्जे में है उन्नीस सौ इक्यानवे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई इस सीट से निर्वाचित हुए थे और दो हज़ार चार तक उन्होंने पांच बार इस क्षेत्र का बतौर सांसद प्रतिनिधित्व किया था कई पूर्व सिविल सेवा अधिकारियों सैन्य अधिकारियों न्यायाधीशों और शैक्षिक जगत के विद्वानों ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाने और उसके खिलाफ आरोप लगाने के प्रयासों के बारे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर जानकारी दी है पत्र में कहा गया है कि आयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष च्नाव कराने की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पांचवें छठें और सातवें चरण में राज्य की उन्तालीस लोकसभा सीटो पर अपने पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी समर में उतारने का फैसला किया है कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हए श्री राजभर ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उनकी अनदेखी की है इसलिए वह राजग से अलग हो रहे हैं जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार के साथ वह अपना सहयोग जारी रखेंगे उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वाराणसी से सिद्वार्थ राजभर और लखनऊ संसदीय क्षेत्र से बब्बन राजभर को चुनाव लड़ा रही है देश और प्रदेश में आज भगवान महावीर की जयंती मनायी जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने महावीर जयंती की लोगों को शुभकामनाएं दी हैं एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर के शांति और अहिंसा के संदेश ने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया है उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर के सत्य और अंहिसा के संदेशों ने धार्मिक और ईमानदारी का मार्ग प्रशस्त किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने प्रदेशवासियों को महावीर जयंती की हार्दिक बधाई दी है इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैन धर्मावलभ्वियों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये हैं कई स्थानों पर प्रभातफेरी निकाली जा रही हैं तथा अन्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए सिने अभिनेता शत्र्घ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सपा नेता डिम्पल यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई पूर्व सांसद अनवार अहमद का परसों लखनऊ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वह अट्ठानबे वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे स्वर्गीय अनवार अहमद राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के साथ समाजवादी आन्दोलन में भी शामिल रहे थे प्रदेश में मौसम में एक बार फिर परिवर्तन आ गया है कल शाम से ही कई जिलों में तेज आंधी और वारिश के साथ हुई ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी गेहूँ की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है हमारे कौशाम्बी प्रतिनिधि ने बताया कि प्रयागराज सहित कौशाम्बी जिले में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है